बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से लेकर अंतिम चरण तक के चुनाव के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है अठारह अप्रैल को दूसरे चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों पूर्णिया भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है इन क्षेत्रों में सोलह अप्रैल की शाम को चुनाव प्रचार थम जायेगा चुनाव आयोग के निर्देश पर दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए इन पांच संसदीय क्षेत्रों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गयी है जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बांका जिले में पार्टी प्रत्याशी गिरिधारी यादव और पूर्णियां में पार्टी प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं से बिहार आर्थिक प्रगति की राह पर अग्रसर है बांका में सभा को संबोधित करते हुये उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है इस अवसर पर लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि गरीबों को दो रूपये गेहूँ और तीन रूपये चावल उपलब्ध कराने के बाद सस्ती चीनी भी देने की व्यवस्था की जा रही है वहीं तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज हो गया है हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने आज खगड़िया जिले के अलौली में महागठबंधन प्रत्याशी मुकेश सहनी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया जबकि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय ने जिले के हलई समेत विभिन्न स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया वहीं समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी रामचन्द्र पासवान ने खानपुर रोसड़ा और सिंधिया सहित अन्य स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया इधर बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार और महागठबंधन के प्रत्याशी तनवीर हसन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीस अप्रैल को अररिया में और पच्चीस अप्रैल को दरभंगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चौबीस अप्रैल को मुंगेर बेगूसराय और उजियारपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीस अप्रैल को सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठा रहा है आज नई दिल्ली में एक संयुक्त सम्मेलन में विपक्षी दलों ने वीवीपैट की पचास प्रतिशत पर्चियों की गणना किए जाने की मांग की भाजपा ने विपक्षी दलों की बैठक पर आरोप लगाया है कि तथाकथित महागठबंधन अपनी संभावित पराजय को देखते हुए तथ्यहीन बातें कर रहा है प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों की जांच और छापेमारी के दौरान पांच करोड़ बत्तीस लाख से अधिक करेंसी जब्त की गयी है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़नदस्ता निगरानी टीम और पुलिस ने जांच और तलाशी के दौरान यह बरामदगी की है वहीं भारत नेपाल सीमा पर भी एसएसबी और पुलिस ने बत्तीस लाख रूपये से अधिक नेपाली करेंसी जब्त की है जदयू के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा आज विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गये सदस्यता समारोह में हम के प्रमुख जीतनराम मांझी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी उपस्थित थे इस अवसर पर पूर्व विधायक ने नीतीश सरकार पर महादलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी ने जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह सहित कुछ पुलिस कर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है जिला पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले पत्र के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ललिता सिंह की अध्यक्षता में मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि जांच टीम अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में देगी इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के सहदेई रेलवे स्टेशन पर बरौनी सोनपुर सवारी गाड़ी आज रेलवे लाईन के दोहरीकरण में लगी पोकलेन मशीन से टकरा गयी इस दुर्घटना में कुछ यात्रियों को हल्की चोटे आयी है इधर बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर आज गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों से धुआं निकलने से कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरातफरी मंच गयी आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि चेनपुलिंग के दौरान ट्रेन के डिब्बों में धुआं भर गया था उन्होंने बताया कि जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अठारह अप्रैल को मतदान होगा क्षेत्र में चुनाव प्रचार चरम पर है

मुख्य मुकाबला निवर्तमान सासंद और राजद से महागठबंधन के उम्मीदवार बुलो मंडल एवं जदयू से एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के बीच माना जा रहा है दोनों गठबंधनो की ओर से प्रचार का शोर काफी बढ़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमारपूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव अपने अपने प्रत्याशियों और गठबंधन के लिए सभा कर चुके हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी रोड शो कर एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे

इधर प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक सखी मतदान केंद्र बनाया है जहां सिर्फ महिला कर्मी की ड्यूटी होगी सबौर में एक दिव्यांग आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक एक माडल मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेडकर को उनकी एक सौ अठाईसवीं जयंती पर स्मरण किया इसी दिन अठारह सौ इक्यानवे में बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इस अवसर पर देशभर में कई समारोह का आयोजन किया गया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव आंबेडकर को श्रद्वांजलि देते हुये कहा कि उन्होंने देश में एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जिसमें कमजोर वर्गों किसानों श्रमिकों और विशेष रूप से महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिले श्री कोविंद ने लोगों से डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर उनके दिखाये मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि उनके आदर्श हमेशा भारतीय को प्रेरणा देते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्य राजकीय समारोह पटना में हाई कोर्ट परिसर के पास आयोजित किया गया जहां राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में वृद्धि से गर्मी का असर अधिक देखा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों में गर्मी बढ़ेगी और तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गया रहा जहां का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि राजधानी पटना का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस रहा वहीं मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आंधी ओलावृष्टि और हल्की बारिश की आशंका भी व्यक्त की है गोपालगंज जिले के बैक्ण्ठप्र थाना क्षेत्र के ढाब निजामत दियारा गांव के दो बच्चों की गडंक नदी मे डूबने से मौत हो गयी सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के कुपाडी मोड़ के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से होमगार्ड के सात जवान घायल हो गये होमगार्ड के जवान दूसरे चरण के चुनाव के लिए कटिहार जा रहे थे

बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा